कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्श से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इन्जेक्शन और इसे बनाने में काम आने वाले औषधीय घटकों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है

इससे कोविड रोगियों के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग भी बड़ी तेजी से बढी है मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसकी मांग में और तेजी आ सकती है मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने वेबसाइट पर इस दवा के स्टॉकिस्टों और वितरकों का ब्योरा दें ताकि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके मंत्रालय ने कहा है कि औषधि निरीक्षक और अन्य अधिकारियों को स्टॉक का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं उन्हें धांधली और गलत तौर तरीकों पर नजर रखने तथा जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने को भी कहा गया है

इनमें तेरह हजार नौ सौ तैंतीस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख चौबीस हजार दो सौ अड़तीस मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार दो सौ तेरह मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट नवासी दशमलव एक तीन प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग की ओर से पांच हजार नौ सौ एक सैंपल झारखंड से आईसीएमआर भुवनेश्वर आरटी पीसीआर जांच करने के लिए भेजा गया है इनमें रांची जिले के आई आर एल ईटकी लैब से एक हजार नौ सौ चौवन सैंपल खूंटी जिला के सदर अस्पताल से छह सौ बानबे सैंपल रांची जिला के सदर अस्पताल से एह हजार दो चौ चौरानबे सैंपल और हजारीबाग के मेट्रो बायोलॉजी लैब मेडिकल कॉलेज से एक हजार नौ सौ एकसठ सैंपल शामिल है

जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर आरटी पीसीआर और ट्रूनेट से संक्रमितों की पहचान में तेजी लाई गई है

सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है नगर में संक्रमित मामलों की पुष्टि होने के बाद तीन नए कंटेंटमेंट जोन बना दिए गए हैं

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन बनाए गए क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे कार्य चलाया जा रहा है जिसमें संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है राज्य में कल अस्सी हजार पांच सौ सत्रह लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया

वहीं छह हजार चार सौ तिरपन लोगों को वैक्सीन का सेकंड डोज दिया गया

चार दिन का टीका उत्सव कल समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर देशभर में शुरू हुआ

उपायुक्त छवि रंजन ने कल सदर अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में की गई व्यवस्था का जायजा लिया साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को अस्पताल में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए और बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमितों के इलाज की बेहतर व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तंरवीं कड़ी होगी लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मन की बात के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करने करने का अनुरोध किया था जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी यह जानना चाहिए

यह ऐप विश्व भर में विद्यार्थियों धार्मिक विद्वानों भारतविदों और इतिहासकारों के बीच संस्कात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है लिटिल गुरु नाम का यह संवाददात्मंक ऐप संस्कृत सीखने को आसान और मजेदार बनाएगा यह ऐप संस्कृत सीख रहे लोगों और संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को गेम्स प्रतियोगिता प्रस्कार जैसे आसान तरीकों से भाषा सीखने में मदद करेगा भारतीय उच्चायुक्तत ने कल बताया कि इस ऐप में शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन के भी तत्व हैं सरायकेला खरसावां जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जॉब कार्ड धारी मजदूरों की मजदूरी राशि बढ़ा दी गई है चालू महीना से सभी जॉब कार्ड धारी मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा

आज मुम्बई में शाम साढ़े सात बजे राजस्थान रॉयल का सामना पंजाब किंग्स से होगा

कोरोना जांच के बाद सभी आरोपितों को पुलिस ने जेल भेज दिया

और आइये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां

प्रभात खबर की सुर्खी है कोरोना से जंग राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से की बात जरूरी दवा की मांग की